प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल हई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने संवाददाताओं को बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं के अन्य लाभ उपलब्ध कराये जाने का फैसला लिया गया उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत इस वर्ष देश में चालीस हजार आरोग्य केन्द्र भी खोले जायेंगे मैग्निफिसेंट प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए इंदौर में मैग्निफिसेंट एमपी का आयोजन किया जा रहा है

मुख्यमंत्री कमलनाथ उदघाटन सत्र को संबोधित करेंगे

मुख्य सचिव एस आर मोहंती ने कल इंदौर में इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि इसकी सफलता के लिए सभी काम समय सीमा से पहले पूरे कर लिये जाये एसबीआई ऋण भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने ऋण पर व्याज दरों में दस आधार अंकों की कटौती की है बैंक ने एक लाख से नीचे की सावधि जमा पर ब्याज दरों में भी पच्चीस आधार अंक का संशोधन किया है बैंक ने एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष से कम की खुदरा सावधि जमा पर ब्याज दरों में दस आधार अंक की और एकमुश्त सावधि जमा पर तीस आधार अंक की कटौती की है एसबीआई ने एक बयान में कहा कि ऋण पर नई ै व्याज दरें आज से प्रभावी हो जाएंगी जबकि बचत बैंक खातों पर व्याज दर एक नवम्बर से प्रभावी होगी

प्रमुख राजनैतिक दलों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों सहित यहां चुनाव मैदान में उतरे सभी पार्च उम्मीदवार मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपने अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं वहीं इस क्षेत्र में चूनाव प्रचार के लिए दिग्गज नेताओं की सभाओं सिलसिला शुरू हो चुका है कल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के पक्ष में रोड शो कर सभा को संबोधित किया

जिसमें हम गांधीजी के प्रदेश प्रवास के संस्मरण और कई जानी अनजानी बातें साझा करेंगे

प्याज मूल्य प्रदेश में प्याज के मूल्यों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं को प्याज की निरन्तर आपूर्ति बनाए रखने के लिए भंडारण की सीमा तय कर दी गई है

मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इस वर्ष मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का विषय है मानसिक स्वास्थ्य को बढावा देना और आत्महत्या की रोकथाम

जानेमाने मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ आर एन साह इस सेमिनार के मुख्य वक्ता होंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता मिशन की संचालक सुश्री छवी भारद्वाज करेगी उधर सीहोर में स्थापित होने जा रहे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्रनर्वास संस्थान में आज सुबह जनजागरूकता के उद्वेश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया संक्षिप्त समाचार जम्मू कश्मीर जाने पर लगी पाबंदी आज से हटा ली गई हैं

अब पर्यटक भी आसानी से वहां सकेंगे छतरपुर की बेटी प्रज्ञा पालीवाल का प्रशिक्षण के दौरान हादसे में थाईलैंड में निधन हो गया

छिंदवाड़ा में पॉक्सो एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है